जैसलमेर और अहमदाबाद के बीच कल से शुरू होगी हवाई सेवा इससे पहले कल मुम्बई से हवाई सेवा से जुड़ा जैसलमेर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कल मनाई जायेगी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में प्रदेशभर में होगा रन फोर यूनिटी का आयोजन

आज लगातार दूसरे दिन भाजपा और कांग्रेस में प्रत्याशियों के पैनल बनाने को लेकर चर्चा का दौर जारी है जयपुर में चल रही बैठक में भाजपा कोर कमेटी और चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख सदस्य संभावित प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा कर रहे है वहीं कांग्रेस में भी आज दूसरे दिन स्क्रीनिंग समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन हो रहा है दोनो प्रमुख दलों के प्रत्याशियों की पहली सूची अगले महीने के पहले सप्ताह में जारी हो सकती है निर्वाचन विभाग के विशेषज्ञो द्वारा आज जयपुर में जयपुर और भरतपुर संभाग के निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जोगाराम और डॉ रेखा गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मोजूद हैं इस अवसर पर श्री कुमार ने कहा कि बेहतर प्रशिक्षण से चुनाव से जुडी कई व्यवहारिक समस्याये दूर होंगी विधानसभा चुनाव के दौरान हो रही स्वीप गतिविधियों के तहत ड्रंगरपुर जिले में रोजाना नवाचार किये जा रहे है हमारे संवाददाता ने बताया कि इसी कम में आमजन को कार्टून पम्पलेट्स के जरिये मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए राजसमंद जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे

पार्टी की घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदम्बरम और संयोजक राजीव गोड़ा ने कल नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी शुरूआत की जन आवाज नाम की इस वेबसाइट के जरिये हर वर्ग से सुझाव मांगे गए हैं

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है

जैसलमेर और अहमदाबाद के बीच कल से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी इससे पहले पर्यटन नगरी जैसलमेर और मुंबई के बीच कल से हवाई सेवा की शुरूआत हो गई है

जैसलमेर एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट निदेशक राजीव पुनेठा की अग्वाई में उनकी टीम ने आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत किया फ्लाइट में कई विदेशी सैलानी भी शामिल थे जो जैसलमेर घूमने आए हैं जैसलमेर एयरपोर्ट पर हवाई सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है गौरतलब है कि जैसलमेर और जयपुर तथा जैसलमेर और दिल्ली के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू हो चुकी है

हमारे संवाददाता ने बताया कि इससे देश की सेना की ताकत और बढ गयी है

सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस कल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा इस मौके पर प्रदेशभर में रन फोर यूनिटी का आयोजन होगा जयपुर में रन फोर यूनिटी की शुरूआत रामनिवास बाग से होगी इस मौके पर जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सरदार वल्लभ भाई पर्टेल की मूर्ति पर पुष्पांजलि कार्यक्रम भी होगा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत शत प्रतिशत फसल कटाई प्रयोग अब स्मार्ट फोन से करवाने के लिए कृषि विभाग फसल कटाई प्रयोग करने वाले सभी प्राथमिक कार्यकर्ताओं को निशुल्क स्मार्टफोन उपलब्ध करवायेगा

न्यायालय ने परिवहन विभाग से ये घोषणा करने को कहा है कि ऐसे वाहन चलते पाये जाने पर जब्त कर लिये जायेंगे मामले में अगली सुनवाई एक नवम्बर को होगी

बैंच ने सेन्ट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से तत्काल सोशल मीडिया अकाउंट बनाने को कहा जहां नागरिक सीधे प्रदूषण के संबंध में शिकायत दर्ज करा सके